भाजपा ने कांग्रेस के न्यूनतम आय गारंटी चुनावो वायदे को बताया धोखा

पार्टी ने वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी के स्थान पर वर्तमान में प्रदेश सरकार में मंत्री सत्यदेव पचौरी को कानपुर से उम्मीदवार बनाया है

पार्टी ने कई सीटों पर मौजूदा सांसदों का टिकट बरकरार रखा है इनमें बस्ती से हरीश द्विवेदी डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल गोंडा से कीर्ति वर्धन सिंह फैजाबाद से लल्लू सिंह कैसरगंज से ब्रजभूषण सिंह श्रावस्ती से ददन मिश्रा महराजगज से पंकज चौधरी शामिल हैं इसके अलावा केन्द्रीय मंत्री मेनका गांधी और उनके पुत्र वरूण गांधी की सीटें बदल दी गयी हैं मेनका गांधी अब सुल्तानपुर से और वरूण पीलीभीत से चुनाव लड़ेंगे पार्टी ने पूर्व केन्द्रीय मंत्रो और आगरा से मौजूदा सांसद रमाशंकर कठेरिया को इटावा सुरक्षित सीट से प्रत्याशी घोषित किया है आज ही पार्टी में शामिल हुई अभिनेत्री जया प्रदा को रामपुर से उम्मीदवार बनाया गया है केन्द्रीय मंत्री और फतेहपुर से मौजूदा सांसद निरंजन ज्योति की भी सीट बरकरार रखी गयी है पार्टी ने बलिया के मौजूदा सांसद भरत सिंह का टिकट काट कर वर्तमान में भदोही से सांसद वीरेन्द्र सिंह मस्त को बलिया से उम्मीदवार बनाया है इसके साथ ही सलेमपुर से रवीन्द्र कुशवाहा बांसगांव से कमलेश पासवान कुशीनगर से विजय दुब धौरहरा स रेखा वर्मा फर्रूखाबाद से मुकेश राजपूत कन्नौज से सुब्रत पाठक अकबरपुर से देवेन्द्र सिंह भोले जालौन से भानु प्रताप वर्मा हमीरपुर से पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल कौशाम्बी से विनोद सोनकर बाराबंकी से उपेन्द्र रावत और बहराइच से अक्षयवर लाल गोंड पार्टी के प्रत्याशी हों गे

कल कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक के बाद पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने बताया कि इस योजना से पांच करोड़ परिवारों को सीधा लाभ पहुंचेगा कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम हिन्दुस्तान के गरीब लोगों को न्याय देने जा रहे हैं जो हमारा मिनिमम इनकम गारंटी का स्कीम है

श्री गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी ने योजना के बारे में कई अर्थशास्त्रियों से सलाह मशविरा किया है और इसके आर्थिक पहलू का अध्ययन कर लिया गया है उन्होंने कहा कि यह दुनिया की सबसे बड़ी न्यूनतम आय योजना होगी श्री गांधी ने कहा कि यह योजना गरीब तबके को न्याय दिलाने के लिए है भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के न्यूनतम आय गारन्टी चुनावी वायदे को धोखा बताया है

श्री जेटली ने आरोप लगाया कि गरीबी उन्मूलन के नाम पर नारे देकर लोगों को धोखा देना कांग्रेस का इतिहास रहा है कांग्रेस पार्टी का एक ऐतिहास गरीबी हटाने के नाम पर राजनीतिक व्यवसाय करने का रहा है योजनाओं के नाम पर छल कपट रहा है

श्री जेटली ने प्रधानमंत्री किसान योजना मनरेगा और अन्य योजनाओं के तहत एनडीए सरकार द्वारा दिए जा रहे लाभों की जानकारी दी

लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिये नामांकन पत्र भरने का आज अंतिम दिन है

दूसरे चरण में नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी जबकि शुक्रवार तक नाम वापस लिये जा सकेंगे इस चरण में अमरोहा अलीगढ़ मथुरा फतेहपर सीकरी के साथ नगीना सुरक्षित बुलंदशहर सुरक्षित हाथरस सुरक्षित और आगरा सुरक्षित सीटों पर मतदान कराया जायेगा इन संसदीय क्षेत्रों में कुल एक करोड़ चालीस लाख वोटर हैं जिनमें चौसठ लाख महिलायें हैं और लगभग ढाई लाख से अधिक युवा मतदाता यहां पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे फिल्मी अभिनेत्री और पूर्व सांसद जया प्रदा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं आज नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में भाजपा नेता भूपन्द्र यादव की उपस्थिति में जया प्रदा पार्टी में शामिल हुई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

निर्वाचन आयोग ने आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद बड़ी मात्रा में धनराशि अवैध शराब मादक पदार्थ सोना और मुफ्त बांटी जाने वाली सामग्री जब्त की है

सबसे ज्यादा एक सौ सात करोड़ रुपये लागत की वस्तुएं तमिलनाड़ु में बरामद की गई हैं उत्तर प्रदेश में बरामद की गई सामग्री का मूल्य एक सौ चार करोड़ रुपये है

उन्होंने कहा कि पहली बार सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर आ रहे विज्ञापनों को भी प्रत्याशी के निर्वाचन व्यय में सम्मिलित किया जाएगा यदि कोई प्रत्याशी मीडिया सर्टिफिकेशन के बिना सोशल मीडिया पर विज्ञापन देता है तो उसे नोटिस जारी की जाएगी

श्री लू ने कहा कि समाचार लोगों को जागरूकता और प्रेरणा से भरते हैं जिसमें दूरदर्शन की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर महेन्द्रनाथ पांडेय ने आज चंदौली जिले में आयोजित एक चुनावी सभा में विपक्षियों पर जमकर हमला किया और सरकार की उपलब्धियों के बारे म जनता को बताया श्री पांडेय ने कहा कि सरकार ने अपने लगभग सभी चुनावो वादों को पूरा किया है जिससे आज देश हर मोर्चे पर विश्व में एक नई ताकत के रूप में उभरा है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने भरोसा दिलाया कि दोबारा लोकसभा चुनाव जीतने पर चंदौली संसदीय क्षेत्र देश के पांच विकसित लोकसभा क्षेत्र में शामिल हो जायेगा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गरीबों को खुशहाल बनाने के लिए पूरा पैकेज देने का ऐलान करते हुए कहा कि उनकी पूरी टीम इस सिलसिले में विस्तृत अध्ययन कर रही है उन्होंने आज लखनऊ में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि समाजवादी पार्टी अध्ययन करके गरीबों के लिए ऐसा पैकेज लायेगी जिससे वे सम्मानजनक जीवन जी सकेंगे सपा प्रमुख ने कहा कि हम अध्ययन कर रहे हैं कि गरीब कैसे खुशहाल हों उसके बाद हम उन्हें अपने चुनावी वादों में शामिल करेंगे